प्रधानमंत्री नरेन्द्र ं मोदी ने कहा है कि दुनियां में निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान भारत है निवेशकों को बेहतर माहौल चाहिए और भारत में इसके लिए उचित अवसर मौजूद हैं श्री मोदी अब से कुछ देर पहले वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक दृष्टि नहीं है बल्कि एक सुनयोजित आर्थिक नीति है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है इस दौरान अस्सी करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गयज्ञं गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश तथा आधारभूत संरचना कोष द्वारा आयोजित इस राउंड टेबल में दुनिया की बीस सबसे बड़ी पेंशन और सॉवरिन वेलफंड से जुड़ी कंपनियों ने हिस्सा ले रही है जिनकी कुल परिसंपत्तियां लगभग छह ट्रिलियन डॉलर है ये वैश्विक संस्थागत निवेशक अमरीका यूरोप कनाडा कोरिया जापान मध्य पूर्व ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं यह आयोजन भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश के विकास में और तेजी लाने के लिए वैश्विक निवेशकों और भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों को वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान कर रहा है राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में अबतक एक लाख तीन हजार एक सौ अठासी कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं इनमें से संतान्बे हजार चार सौ अस्सी लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि चार हजार आठ सौ चौदह संक्रमितों का इलाज चल रहा है

फिलहाल यहां कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरान्बे दशमलव चार छह प्रतिशत और मौत की दर घटकर शून्य दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले रांची और पूर्वी सिंहभूम में हैं जबकि सत्रह जिलों में सौ से भी कम कोरोना संक्रमित मरीज हैं

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने अक्षय ऊर्जा और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने सहित विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कई उपाय किये हैं

उन्होंने कहा कि भारत ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की है उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वकपूर्ण मुद्दा है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिए श्री जावड़ेकर ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वे इस समस्या से निपटने के लिए जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकी किफायती दर पर उपलब्ध कराएं चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी पहले यह सुनवाई नौ नवंबर को होनी थी लेकिन उनके द्वारा अरजेंट पिटीशन दाखिल कर्रन के बाद सुनवाई की तारीख में बदलाव करने का कोर्ट ने निर्णय लिया गौरतलब है कि यह जमानत याचिका दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल की गई है इससे पहले चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहिबगज में आज विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की उन्होंने विभिन्न विभागों से वर्तमान में चल रही योजनाओं की जानकारी ली पूर्व की योजनाओं की स्थिति का आकलन किया

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इस संबंध में कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव में महापौर पद के लिए खड़ा होने का आरोप था

कोडरमा जिले के तिलैया सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सभी सैनिक स्कूलों में कक्षा छह के लिए बालक और बालिकाएं और नौ में नामांकन के लिए बालक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आवेदन शुल्क पांच सौ पचास रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चार सौ रुपए निर्धारित है

रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड स्थित रजरप्पा में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया इस मौके पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर के समीप दामोदर नदी के तट की साफ सफाई के साथ आरती की गई सफाई कार्यक्रम में प्रखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र में केंदुआटोली गांव में एक कुएं से दो बच्चों का शव बरामद किया गया ये दोनों बच्चे सगे भाई थे और पिछले मंगलवार से लापता थे

जिले के पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आज मुंबई इंडियन्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा भारतीय समयानुसार शाम के साढ़े सात बजे से यह मैच दुबई में खेला जाएगा इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम सीधे फाइनल खेलेगी जबकि हारने वाली टीम एलिमेनटर में जीतने वाली टीम के साथ खेलेगी एलिमेनटर मैच कल रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबूधाबी में खेला जाएगा गौरतलब है कि आईपीएल के प्लाइंट टर्टेबुल में मुंबई इंडियन्स पहले दिल्ली कैपिटल्स दूसरे रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरू तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे पायदान पर रही थी पाकुड़ जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त क्लदीप चौधरी ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की उन्होंने बताया कि सोलह नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगाजबकि सोलह नवंबर से पंद्रह दिसंबर तक मतदाता आपत्ति और दावा दाखिल कर सकते हैं उपायुक्त ने अधिकारियों से पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने और राजनीतिक दलों से इसमे सहयोग करने को कहा चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र इलाके में बालू और स्टोन की हो रही तस्करी को लेकर जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया इस दौरान एक सौ चौदह ट्रैक्टर बालू और सोलह ट्रैक्टर स्टोन जब्त किए गए

संक्षिप्त खबरें झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का आज बेंगलुरु में इलाज के दौरान निधन हो गया वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने एक रोजगार सेवक को पन्द्रह हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया वह मनरेगा के तहत तालाब निर्माण की राशि भुगतान करने के लिए रिश्वत ले रहा था झारखंड एकेडेमिक काउंसिल की ओर से झारखंड संपूरक माध्यमिक परीक्षा तथा संपूरक इंटरमीडिएट परीक्षा कल से ली जाएगी तेरह नवंबर तक चलने वाली परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं एनएसयूआई की ओर से आज रांची के छात्र सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर कोरोना योद्दाओं को सम्मानित किया गया